राज्यपाल कलराज मिश्र ने पलायन कर रहे लोगों से अपील की जहां हैं वहीं रुके रहे

आज राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केन्द्रीय गृह संचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉक डाउन जारी है राज्यों से कहा गया है कि राजमार्गों पर केवल माल की आवाजाही की ही अनुमति दी जानी चाहिए यह सलाह दी गई है कि प्रवासी श्रमिकों सहित गरीबों और जरूरतमंद लोगों के भोजन और आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था उनके कार्यस्थलों पर ही की जाए केन्द्र ने इस उददेश्य से एसडीआरएफ का इस्तेमाल करने के लिए कल आदेश जारी कर दिये राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे लॉक डाउन की अवधि के दौरान श्रमिकों के कार्यस्थल पर उनके वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें इस अवधि के लिए श्रमिकों से घर का किराया देने की मांग भी नहीं की जानी चाहिए

क्वारंटाइन के दौरान इन लोगों की निगरानी करने के लिए राज्यों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए है

आज आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग इस समय बाहर जाकर अपने संबंधियों की कुशलता पूछने की बजाय फोन पर ही इस कार्य को कर सकते हैं और स्वयं को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं

आज दोपहर में झन्झनूं के एक मरीज में इसकी पुष्टि हई ये मरीज विदेश यात्रा करके आया है इसके बाद इस मरीज के सम्पर्क में आये लोगों को ढूंढकर उनकी स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया है अब तक प्रदेश के दस जिलों में इन मरीजों की पुष्टि हुई है

इस बीच चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि राज्य का चिकित्सा विभाग अन्य विभागों के समन्वय से योजनाबद्व तरीके से काम कर कोरोना संकमण से उपजे हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहा है

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार ने इस बारे में राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जयपुर अलवर सीकर झन्झुन्न दौसा अजमेर नागौर टोंक भरतपुर करौली सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले के मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है इसी तरह डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जोधपुर पाली जालौर बाडमेर जैसलमेर और सिरोही के कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ईलाज करवाया जा सकता है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में उदयपुर राजसमंद बांसवाडा इंगरपुर चित्तौडगढ और प्रतापगढ के मरीजों को लाया जा सकता है आदेश के अनुसार एमजी मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में भीलवाड़ा एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में बीकानेर चूरू हनुमानगढ श्रीगंगानगर और न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में कोटा झालावाड बुंदी और बारां के कोरोना प्रभावित मरीजों के ईलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है

बांसवाडा डंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने सांसद कोष से एक करोड़ रूपये की सहायता देने की घोषणा की है इसके अलावा सांसद ने अपने निजी खाते से भी एक लाख रूपये की मदद की है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कोष में एक महीने का वेतन देने की घोषणा की है

बीकानेर से सांसद और केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इस फण्ड में एक महीने का वेतन और सांसद विकास निधि से एक करोड रूपये की राशि दी है

जिला कलेक्टर जोगाराम ने बताया कि दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छोटी गाड़ियों ई रिक्शा और वैन को गली गली में पहुंचाया जा रहा है

कॉनफेड के माध्यम से वैन द्वारा किराना का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही साथ पूरे इलाके को सेनेटाईज करने का काम भी किया जा रहा है इस बीच पुलिस महानिदेशक डॉ भूपेन्द्र सिंह ने चारदीवारी इलाके का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर का भी दौरा किया और वहां से बसों द्वारा जा रहे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली उन्होंने पुलिस कर्मियों को ऐसे लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए

रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि ये बसें आम नागरिकों के लिए नहीं है यह केवल उन माइग्रेंट श्रमिकों के लिए हैं जो पैदल ही अपने घरों के लिये निकल पड़े हैं

वहीं झलावाड में रह रहे मध्यप्रदेश के श्रमिकों की मेडिकल जांच कर उन्हें राजस्थान रोडवेज की बस द्वारा मध्यप्रदेश की सीमा तक भेजा गया राज्य में दुध उत्पादकों से लेकर डेयरी प्लांट कर्मचारियों और दुध वितरण में लगे कार्मिकों तक सभी गतिविधियों में कोरोना संकमण से बचाव के लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है गांव और ढाणियों में प्राथमिक स्तर पर गठित दृग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में सोशल डिस्टेन्सिंग के अलावा बार बार हाथ धोने सभी उपकरणों को सेनेटाईज करने के बाद ही उन्हें दूध संकलन में इस्तेमाल किया जा रहा है प्लांट में काम करने वाले लोगों को मास्क के अनिवार्य उपयोग के निर्देश दिये गये हैं दूध की प्रोसेसिंग पैकिंग और वितरण में काम आने वाले सभी मैटेरियल और वाहनों को सेनेटाईज किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि देश के लोगों को सिर्फ सोशल डिस्टेसिंग को ही बढाना है जबकि इमोशनल डिस्टेंस को घटाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय बेहद चुनौतीपूर्ण है और हमें ये जंग जीतनी है